मतदान सुबह सात बजे से शुरू हुआ

इस चरण में प्रमुख उम्मीद्वारों में केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एस एस अहलुवालिया बाबुल सुप्रियो गजेन्द्र सिंह शेखावत पी पी चौधरी सुभाष भामरे और सुदर्शन भगत शामिल हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर शामिल हैं

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने आकाशवाणी के जरिए आज हो रहे प्रथम चरण के मतदान के लिए सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है

किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिये वायुसेना के दो हेलिकाप्टरों को मंडला और बालाघाट में तैनात किया गया है इसके अलावा जबलपुर में एक एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है

मतदान छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा में लोकसभा सीट और विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है

इस चरण के प्रमुख उम्मीद्वारों में मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके पूत्र नकल नाथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह विधान सभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह पूर्व महाधिवक्ता विवेक तनखा रीति पाठक हिमाद्री सिंह प्रमिला सिंह पूर्व केन्द्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते प्रमुख हैं

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल टीकमगढ जिले की जतारा विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी किरण अहिरवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे यहां समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रैली करेंगे वहीं केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज सागर दमोह भिण्ड लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे इस दौरान श्री सिंह सागर लोकसभा के शमशाबाद में पार्टी प्रत्याशी राजबहादुर सिंह के समर्थन में वोट की अपील करेंगे इसके बाद वे दमोह लोकसभा क्षेत्र के शाहगढ़ पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिदद्र आज बैतूल लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे वहीं केन्द्रीय मंत्री उमा भारती ने कल खजुराहो दमोह में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कल सागर में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए श्री रूपाणी ने दमोह में रोड शो भी किया राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि वैश्विक परिवेश को ध्यान में रखकर देश में शिक्षा के क्षेत्र में निरतर सुधार की आवश्यकता है असफलता मिलने पर हार नहीं मानना चाहिए क्योंकि असफलता ही सफलता के अनेक रास्तों को खोलती है उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान में प्रवेश शिक्षण और परीक्षा आदि के कार्यों में आध्रनिकतम तकनीक के उपयोग की सम्भावनाओं पर चिंतन किया जाना चाहिए

उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक स्पर्धाओं का आयोजन किया जाना चाहिए इससे शैक्षणिक गुणवत्ता के स्तर में सुधार होगा गर्मी प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है

जिले में दिन के तापमान में लगातार बढ़ौतरी होने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है अधिक तापमान से बचाव के लिए लोग शीतलता पैदा करने वाले बिजली के उपकरणों के साथ साथ शीतल पेय का सहारा ले रहे हैं

उधर मौसम विभाग ने बताया है कि आज भी प्रदेश में गर्मी का दौर जारी रहेगा कई जिलों सागर जबलपुर उज्जैन इन्दौर और होशंगाबाद संभागों में लू चलने की चेतावनी दी है

इससे पहले दिल्ली कैपिटल ने दिल्ली में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को सोलह रन से हराकर प्लेऑफ के लिये क्वालीफाई कर लिया दिल्ली के अलावा प्ले ऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम चेन्नई सुपर किंग्स है